केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रमों को अगले साल मार्च तक जारी रखने को दी मंजूरी अजमेर में सेवादल के राष्ट्रीय महाधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने युवाओं को संगठन से जोड़ने का किया आहवान प्रदेश में कृषक ऋण माफी योजना के दूसरे चरण के शिविर आज से आयोजित किये जा रहे है

आंदोलनकारियों के सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर में रेल पटरियों पर जमे रहने से दिल्ली मुम्बई रेल यातायात प्रभावित है आज मुम्बई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सवाईमाधोपुर में ही रोका गया है आंदोलन के कारण इस ट्रेन को शाम को उसके निर्धारित समय पर सवाईमाधोपुर से ही मुम्बई के लिये रवाना किया जायेगा उधर रेल प्रशासन की ओर से आंदोलन के कारण यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिये सवाईमाधोपुर से बांद्रा के बीच होलिडे ट्रेन भी संचालित की जा रही है वहीं दूसरी ओर सिकंदरा में आदोलनकारियों ने आज भी जयपुर आगरा हाईवे जाम कर रखा है इधर कल सीकर में भी गोरियां रानोली और पलसाना के पास हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झडप भी हुई

गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि विधानसभा में सरकार की ओर से पारित किये गये विधेयक का अध्ययन करने के बाद आंदोलन समाप्त करने पर निर्णय किया जायेगा इसके लिये गुर्जर समाज के मंत्री और विधायकों को आंदोलन स्थल पर बुलाया गया है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से बनाई गई तीन मंत्रियों की कमेटी के सदस्य पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह आज विधेयक की प्रति लेकर धरना स्थल पर जायेंगे

वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ अनुसूचित जनजातियों के दस करोड़ से अधिक लोगों को होगा इनसे वितरण की सक्षमता बढ़ेगी और दुर्गम जनजाति क्षेत्रों में आजीविका स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के जरिये सरकार के कल्याण कार्यक्रमों की पहंच का विस्तार होगा

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में तीन सप्ताह में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं

इसके चलते राजस्थान मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य सरकारों ने किसानों का कर्जा माफ किया है श्री गांधी ने आज अजमेर में चल रहे सेवादल के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सेवादल को कांग्रेस का जरूरी संगठन बताते हुए इसे और मजबूत बनाने का आहवान किया

उन्होंने कहा कि हमारी लडाई सिद्वांतों विचारधारा और नीतियो की है श्री गहलोत ने कहा कि अंत में सत्य की निश्चित तौर पर जीत होगी अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपना संबोधन दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में जीत हांसिल की है उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में भी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जीत का भरोसा दिलाया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनावों के जन घोषणा पत्र को समय से लागू करने में लगी हुई है

नागौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर तीन दिन तक आयोजित होने वाले शिविरों में किसानों को ऋण माफी प्रमाणपत्र दिये जायेंगे

कृछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे बृंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर ओले गिरे वहीं कई स्थानों पर तेज बारिश हुई इससे फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है